उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों को कोई भी कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है और ऐसी धिनौनी आतंकी हरकत के लिए निश्चित तौर पर सजा दी जाएगी श्री मोदी ने यह बात आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहली सेमी हाई स्पीड श्रेणी की तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करते समय कही प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व समुदाय में पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका भारत का पड़ोसी अगर सोचता है कि वह ऐसी साजिशों से भारत को अस्थिर कर सकता है तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है श्री मोदी ने यह भी कहा कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा श्री मोदी ने आतंक के मुद्दे पर भारत का साथ देने वाले दुनिया के तमाम देशों के प्रति आभार व्यक्त किया और जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दुनिया से आतंकवाद का नामोनिशान मिटाने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे आपसी छींटाकशी को छोड़ दें क्योंकि देश की सुरक्षा बड़ा ही संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया को यह संदेश जाना चाहिए कि भारत इस जघन्यर आतंकी हरकत के खिलाफ एकजुट है उन्होंने पुलवामा हमले में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्वांजलि दी पुलवामा शहीद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जबलपुर जिले के जवान अश्विनी काछी भी शहीद हुए हैं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहीद अश्विनी काछी की शहादत को नमन करते हुये कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा प्रदेश शहीद परिवार के साथ है उन्होंने राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिवार को एक करोड़ रूपये एक आवास और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की घोषणा की

भोपाल में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में लोगों ने एकत्रित होकर जवानों की शहादत को याद किया सतना के वाणिज्यकर कार्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों ने मौन रखकर शहीदों को श्रद्वांजलि दी मुरैना के अमर शहीद पंडित रामप्रसाद संग्रहालय में श्रद्वांजलि सभा आयोजित की गई रायसेन में आज शाम शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला जायेगा सागर डिंडौरी नरसिंहपुर समेत पूरी प्रदेश में पुलवामा में हुये आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी गई मोदी दौरा रदद पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मध्यप्रदेश दौरा रदद हो गया है गौरतलब है कि श्री मोदी आज इटारसी में जनसभा को संबोधित करने वाले थे वहीं कल प्रधानमंत्री की सभा धार में प्रस्तावित थी लेकिन अब ये दोनो ही सभायें रदद हो गई है इटारसी के रेलवे इंस्टीटयूट मैदान में जहां सभा होने वाली थी वहां आज पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्दांजलि दी गई है वित्त मंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वित्त और कंपनी मामलों का मंत्रालय केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली को फिर से साँपने का निर्देश दिया है श्री जेटली न्यूयॉर्क में इलाज कराने के बाद पिछले सप्ताह स्वदेश लौट आए थे उनकी अनुपस्थिति में इस मंत्रालय का कार्य अस्थााई तौर पर केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दे दिया गया था मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है

राजधानी भोपाल में देर रात बारिश हई वहीं बिजली गिरने से छतरपुर जिले में दो और दमोह जिले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है सागर गुना राजगढ़ विदिशा सीहोर अशोकनगर सतना उमरिया सहित कई जिलों में बारिश के साथ ही ओले गिरे रायसेन जिले के उदयपुरा में आज सुबह ओलावृष्टि हुई वहीं शिवपुरी में कल हुई बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई है यहां आज सुबह दस बजे तक कोहरा छाया रहा